लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है और जनता ही इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रही है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना राशन की आपूर्ति लॉकडाउन का अन्पालन अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए प्रे देश की जनता एक द्रसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहंचा है और न पहंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक द्रसरे से दो गज द्रर रहना चाहिए और ख्द को स्वस्थ रखना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी कि अति उत्साह में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं अपने आस पास मास्क लगे और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण बदलते परिदृश्य मे मास्क लोगों के जीवन का अंग बन रहा है मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जायेगा यदि लोग ख्द को और द्रसरों को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें मास्क लगाना ही होगा प्रधानमंत्री ने स्झाव दिया कि चेहरा ढकने के लिए गमछा या छोटा तौलिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की श्रूआत हुई है देश में बिजनेस दफ्तर शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नये बदलाव हो रहे हैं प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अन्रूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में ज्टे हए हैं उड्डयन क्षेत्र और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र करते हए कहा कि इससे मामूली समय में ही देश के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति स्निश्चित करने में मदद मिली है लाइफलाइन उड़ान के तहत लगभग तीन लाख किलोमीटर की द्री तय की गई और देश के द्र दराज क्षेत्र तक पांच सौ टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे निरंतर कार्य कर रही है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्त्ओं की कमी न हो रेलवे करीब साठ मार्गों पर एक सौ से अधिक पार्सल ट्रेन चला रही है श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति स्निश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भ्रमिका निभा रहे हैं उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्वा बताया

लोक सभा अध्यक्ष ओम विरला ने इक्कीस अप्रैल को एक विडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रदेश विधान सभाओ के प्रिसाईडिंग अधिकारियों से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अन्य शहरों में फंसे छात्रो और प्रवासी कामगारों कि मदद के लिए लोकसभा सचिवालय और प्रत्येक विधानसभा सचिवालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का सुझाव दिया